्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिये शपथग्रहण समारोह में बिमस्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित ंकिया गया

कल देर रात ये हादसा आगोलाई गांव के पास उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार दो जीपों की टक्कर हो गई घायलों को जोधप्र के मथ्रादास माथ्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इस दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है इधर नागौर डीडवाना मार्ग पर कटोती गांव के पास भी कल ट्रेलर और टैंकर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये

श्क्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसी दिन लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थाई अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी

राष्ट्रपति गुरूवार को नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे भारत ने नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिम्सटेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यह कदम सरकार की नेबरहड फर्स्ट पड़ोसी प्रथम नीति पर आधारित है शंघाई सहयोग संगठन के मौजूदा अध्यक्ष किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ का कल निधन हो गया

उदयपुर के एक निजी चिकित्सालय में उन्होंने अंतिम सांस ली

उच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्य के पुलिस बेडे में स्वीकृत और खाली पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने को लेकर राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिये है हाईकोर्ट की ॅखण्डपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ये निर्देश दिये

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओं ने कल जोधपुर में जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश वन एस मिसाइल का सफल परीक्षण किया आकाश वन एस मिसाइल में डोपलर राडार सिस्टम और स्वदेश निर्मित इंटरसेप्टर सिकर लगाया गया है जो लक्ष्य को तलाश कर उस पर अचूक वार करता है ये हवा में लडाकू विमान कूज मिसाइल ड्रोन और हेलीकोप्टर से छोडी गई मिसाइल को निशाना बना सकता है डीआरडीओ इसके आकाश नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को भी विकसित कर रहा है जो मल्टिफंक्शन रडार पर काम करेगी

पाकिस्तान के रास्ते भारत आये टिड़डी दल को लेकर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में ऐहतियात बरती जा रही है

राज्य में आज से दस्त नियंत्रण पखवाड़े की शुरूआत हो गई है

छोटे बच्चों में दस्त नियंत्रण के लिए आशा सहयोगिनियों द्वारा साफ सफाई के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा पखवाड़े के दौरान समुदाय और ग्रामस्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है सुबह से ही लू चलने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है

प्रदेश में पड रही तेज गर्मी के दौर में मौसमी बीमारियों के मरीजों की बढती संख्या को देखते हए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से जुडे सरकारी अस्पतालों में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे चिकित्सा निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है डे केयर सेंटर में ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें दिनभर चिकित्सा के बाद रात को छट्टी दी जा सकती है इसके लिए इन अस्पतालों को सरकार अलग से बजट उपलब्ध कराएगी